नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया है

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है श्री जावडेकर ने बताया कि वैक्सीन लगवाने के लिए अब कोई सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है

वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं संकल्प अभियान इंदौर में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प अभियान की शुरुआत करते हुए नागरिकों को मेरा मास्क मेरी सुरक्षा का संकल्प दिलवाया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिये मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और बार बार साबुन से हाथ घोना या सेनेटाइजर से हाथ साफ करना अत्यंत जरूरी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प अभियान के तहत सायरन बजना कोरोना होने की चेतावनी है मैं डराने नहीं बल्कि सचेत करने आया हूँ सभी लोगों का दायित्व है कि वे स्वयं तो सुरक्षित रहे ही साथ ही दूसरों को भी सुरक्षित रखें प्रदेश के अन्य जिलों में भी संकल्प अभियान चलाया जा रहा है

विदिशा और छतरपुर में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान का शुभारंभ हुआ खंडवा में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है मन्दसौर में दुकानदारों को गोल घेरा बनाने के बारे में जानकारी दी गयी खरगौन में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजन नहीं होंगे बालाघाट में गैर मास्क के निकले आम नागरिकों को निःशुल्क मास्क वितरण किया गया और मास्क लगाकर सेल्फी लेने की अपील की है

दिशा निर्देशों में मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि को और मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है इनमें देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों को जांच निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है उन्हें यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कोविड से बचने के नियमों का पालन करे सभी पात्र लोगों को टीके लगाने की प्रक्रिया तेज करने को भी कहा गया है

पन्ना जिले में कल सात कोरोनॉ मरीज पाए गए है

शिखर धवन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया उधर लखनऊ में महिला क्रिकेट में भारत ने आज दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और अंतिम ट्वेन्टी टवेन्टी मुकाबले में नौ विकेट से हरा दिया

इस कार्ड में कृषि को उन्नत बनाने और कृषि संबंधी योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करने के लिये सभी आवश्यक जानकारी रहेगी हरदा में आयोजित जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेले में किसानों को संबोधित करते हुए कल उन्होंने कहा कि किसानों के लिए एयरकूल्ड विश्राम गृह बनाये जायेंगे